मुख्यमंत्री ने आज शिमला में कहा कि इन बैठकों में राज्य में कोरोना महामारी के फैलाव को रोकने पर भी विचार होगा साथ ही ज़िलों में विकास कार्यो सहित आर्थिक गतिविधियां फिर से शुरू करने पर भी इन बैठकों में विचार किया जाएगा रक्तदान दिवस आज विश्व रक्तदान दिवस है इस वर्ष का थीम है सुरक्षित रक्त बचाए जीवन विश्वभर में खून की कमी को पूरा करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है प्रदेश में इस मौके पर विभिन्न स्थानों पर रक्तदान शिविरों का आयोजन किया गया राजभवन शिमला में राज्य रैडक्रॉस सोसायटी द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर के मौके पर बोलते हुए राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि रक्तदान का कार्य जीवनदान देने वाला है उन्होंने कहा कि रक्तदान लोगों के मन में मानवता की सेवा करने की भावना को विकसित करता है राज्यपाल ने कोरोना से बचने के लिए लोगों से क्वारंटीन के नियमों दो गज की दूरी मास्क पहनने और हाथ धोने जैसे उपायों का सख्ती से पालन करने की अपील की राज्य रैडक्रॉस अस्पताल कल्याण शाखा की अध्यक्ष डॉक्टर साधना ठाक्र भी इस मौके पर मौजूद थी

सुरेश भारद्वाज शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि आर्थिक गतिविधियों को तेज़ करने के लिए प्रदेश सरकार प्रयासरत्त है सुरेश भारद्वाज आज कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ताओं और आम लोगों को वर्चुअल रैली के माध्यम से संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि देश व प्रदेश की सरकारें हर क्षेत्र में बेहतरीन कार्य कर रही है गोविंद ठाकुर वन मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा है कि सेब सीजन के लिए सरकार द्वारा व्यापक प्रबंध किए जा रहे हैं ताकि बागवानों को किसी भी समस्या से बचाया जा सके गोविंद ठाक्र ने आज कल्लू में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि प्रदेश के बाहर से आने वाले सेब व्यापारियों को यहां रहने की छूट दी गई है लेकिन हॉट स्पॉट से आने वाले व्यापारियों को पहले क्वारंटीन में रखा जाएगा और उनका कोरोना टैस्ट नैगेटिव आने के बाद ही उन्हें यहां काम करने की इज़ाजत होगी

मृतक युवक दिल्ली के ओखला औद्योगिक क्षेत्र का रहने वाला है और शिमला में एक ट्रक के साथ कुछ सामान छोड़ने आया था इसी दौरान बीती रात उसे सामान उतारते वक्त चोट लग गई जिस पर इस युवक को उपचार के लिए आईजीएमसी शिमला ले जाया गया जहां इसकी मौत हो गई आईजीएमसी में ही इस युवक का कोरोना टैस्ट भी किया गया जो पॉजिटिव पाया गया है आईजीएमसी के आपातकाल विभाग में इस युवक के दम तोड़ने और कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद वहां तैनात स्टाफ और इस युवक के सम्पर्क में आए अन्य सभी लोगों को क्वारंटीन कर दिया गया है

उधर सोलन के उपायुक्त के सी चमन ने कहा है कि कोरोना के बढ़ते खतरे के दृष्टिगत ज़िले की दूसरे राज्यों से लगी सभी सीमाओं और क्वारंटीन केन्द्रों पर अतिरिक्त स्वास्थ्य कर्मियों की तैनाती की गई है

संशोधन राज्य आपदा प्रबंधन की राज्य कार्यकारी समिति ने हिमाचल में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों के क्वारंटीन संबंधी नियमों में कुछ संशोधन किए हैं राजस्व विभाग व आपदा प्रबंधन के एक प्रवक्ता ने आज शिमला में कहा कि संशोधित नियमों के अनुसार मानक संचालन प्रक्रिया के तहत अंतर्राज्यीय आवागमन के लिए औद्योगिक कर्मचारियों उद्योगपति फैक्टरी मालिक व्यापारी कच्ची सामग्री सेवा प्रदाता और निरीक्षण अधिकारियों को होम क्वारंटीन में छूट दी गई है उन्होंने कहा कि प्रदेश को सभी विभागों व संगठनों जिलाधीशों पुलिस अधिकारियों सरकारी कर्मचारियों और स्थानीय अधिकारियों को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राष्ट्रीय कार्यकारी समिति के दिशानिर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कर्मचारी भविष्य निधि ब्याज दरों में कटौती करने पर हैरानी जताई है राठौर ने आज शिमला में एक बयान में कहा कि इस फैसले ने साबित कर दिया है कि भाजपा कर्मचारी विरोधी है उन्होंने कहा कि आज जब कोरोना महामारी के चलते लोग महंगाई की मार झेल रहे हैं ऐसे में कर्मचारियों की भविष्य निधि की ब्याज दरों में कटौती करना इन लोगों के साथ बड़ा अन्याय है और इस फैसले को वापिस लिया जाए